इसके निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के सहयोग से कर रही है पहले चरण के परीक्षणों में इस टीके के उपयोग के कोई गंभीर प्रतिकूल परिणाम नहीं देखने को मिले भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान परिषद ने बताया है कि टीके को दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अन्कूल है को वैक्सीन उन तीन टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है

हचेलियांग गांव की प्रगतिशील महिला किसान श्रीमती बरयांगसाई तायांग ने बताया कि कृषि योजनाओं के तहत उन्हें ग्राउंडनट की खेती के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी गई है केंद्र सरकार और कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हए उन्होंने आय को बढ़ाने के लिए मेहनत से खेती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है उनका मानना है कि राज्य में कृषि और बाग़वानी के लिए अनुकुल जलवाय और योजनाओं का लाभ उठाकर इस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं

इसके समापन समारोह में जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह जिला कृषि अधिकारी अजित पाव और सी एच एफ पासीघाट के डीन डॉ बी एन हाजोरिका और ट्रेनी मौजूद थे इसमें सियांग वेस्ट सियांग लोअर दिबांग वैली अपर स्बनसिरी लोअर स्बनसिरी क्रुंग क्मे पाप्मपारे वेस्ट कामेंग तवांग रिजनल एपल नर्सरी दिरांग और जोम्लो के बागवानी से ज्ड़े बाईस कर्मचारियों ने भी प्रशिक्षण लिया अपने संबोधन में जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह ने प्रदेश में बागवानी को गति देने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की

सभी दलों के उम्मीदवार स्थानीय निकाय च्नावों में जीत के लिए दिन रात प्रचार कर रहे है जगह जगह चुनाव रैलियों का दौर जारी है इसके अलावा सभी पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं के घर जाकर व्यक्तिगत रुप से मिल रहे है और अपने च्नाव घोषणा पत्र के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे है ईटानगर शहरी निकाय चुनाव के लिए एक तरफ जहां वार्ड संख्या पांच से भाजपा उम्मीदवार बामंग ताजी के समर्थको ने ज्लूस निकाला वहीं वार्ड संख्या तीन से कांग्रेस उम्मीदवार बेम माचिंग के समर्थन में चुनावी जनसभा आयोजित हई

ईटानगर शहरी निकाय च्नाव के लिए वार्ड संख्या चार से भाजपा उम्मीदवार तेची सोनिया कृषि और इससे संबोधित क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के आधार पर स्वरोजगार के अवसर पैदा कर अपने वार्ड में ख्शहाली लाने की सोच रखती है उनका मानना है कि प्रत्येक घर के सदस्यों का उनकी रुचि के अन्सार कौशल विकास कर सड़क और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राथमिकता से विकास कर क्षेत्र में ख्शहाली लाई जा सकती है

इस पांच दिवसिय मोटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया इस अवसर पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना और खेल और य्वा मामला मंत्री मामा नात्ंग सहित इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर के प्रतिभागी मौजूद थे